इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र सहित मंत्रिमण्डल के सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे

बैठक भाजपा विधायक दल की एक बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में होगी इसमें पार्टी के तमाम विधायक व मंत्री उपस्थित रहेंगे संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री विधायकों से सरकार के कार्यों को लेकर चर्चा करेंगे जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के मौके पर आज शिमला के बैमलोई स्थित केन्द्रीय आलू अनुसंधान कोन्द्र में एक समारोह आयोजित किया जाएगा राज्य जैव विविधता बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे

इसके लिए विचार और सुझाव नरेन्द्र मोदी ऐप माई गोव ओपन फोरम पर भेजे जा सकते हैं

आग चम्बा जिले में जंगलों में लग रही आग से करोड़ों की बहुमूल्य वन सम्पदा जलकर राख हो रही है और जीव जन्तु भी अकाल मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं चम्बा से हमारे प्रतिनिधि विकास ठाक्र के मुताबिक कई स्थानों पर जंगल की आग रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही है चम्बा जिला मुख्यालय के साथ लगते जंगल में लगी आग के कारण स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों को आने जाने में मुश्किल का सामना करना पड़ा हालांकि अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काब् पाया

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने नौणी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है राष्ट्रपति ने नहीं ली उपाधि बोले अभी मैं योग्य नहीं पंजाब केसरी व दैनिक जागरण के एक जैसे शब्द हैं राष्ट्रपति ने नहीं ली डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि हिमाचल दस्तक लिखता है भावनाओं की कद्र करता हूं लेकिन मैं इस योग्य नहीं अजीत समाचार के मुताबिक राष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह में प्रदान किए स्वर्ण पदक दैनिक सवेरा टाइम्स ने राष्ट्रपति के हवाले से सुर्खी दी है नौकरी के पीछे न भागें युवा स्वरोजगार बेहतर विकल्प आपका फैसला के अनुसार शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिये नहीं जबकि दिव्य हिमाचल की सुर्खी है राष्ट्रपति ने चाय पर की जयराम मंत्रिमण्डल से चर्चा गंगा की तर्ज पर पहली बार हुई सतलुज की आरती शीर्षक से अमर उजाला लिखता है सतलुज नदी नहीं मां लोगों और परियोजनाओं का रखेगी ख्याल अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा से आवासीय आयुक्त का कार्यभार वापिस लेने से जुड़ी खबरें भी आज अखबारों में प्रमुखता लिये हुए है दिव्य हिमाचल की एक खबर है एनजीटी में आज जवाब पेश करेगी सरकार जबकि दैनिक जागरण लिखता है प्रदेश के दस हजार भवनों का अनाधिकृत हिस्सा होगा सील

वहीं दैनिक जागरण का कहना है एसआईटी की रिपोर्टो में बताए संस्थानों की खामियां देखी जाएं हाईकोर्ट ने एआईसीटीई व एनसीटीई को दिया आदेश किन्नौर और रामपुर में भूकम्प के हल्के झटके की खबर को अमर उजाला हिमाचल दस्तक और अजीत समाचार ने प्रमुखता दी है हिमाचल दस्तक की एक खबर है स्कूलों की साईंस लैब में होगी पानी की जांच अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय ज़िन्दगी से नाराज़गी में लिखता है हिमाचल में आत्महत्या के बढ़ते मामले संकेत देते हैं कि ज़िन्दगी से नाराज़गी लोगों में बढ़ी है चुनौतियों से जूझने का जज्बा कम हुआ है